प्रदेश में भी लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कार्यक्रम से आगे बढने की प्रेरणा मिलती है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

मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सुजन कर रहा है आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है

श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष के सिलसिले में शुभकामनाएं भी दी

आकाशवाणी से मन की बात कार्याक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बाते हमें आगे बढने की प्रेरणा देती है राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करने और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिये प्रधानमंत्री के बिचारों के साथ हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी साकार हो सकता है जब हम लोकल उत्पादों को अपनाए और उनको बढ़ावा दें श्री रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर अनेक ऐसी पहल की है जिससे वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते है उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जहां युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है वहीं रूरल ग्रोथ सेंटर भी वोकल फॉर लोकल की दिशा में काम कर रहे हैं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

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफ लाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी

उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर से प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर आये निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमण्डल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए श्री कौशिक ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और राज्य के विकास की नींव भी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिनिधियों के योगदान से विकास का लाभ समाज में निचले स्तर तक जाएगा इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्वतंत्रता समानता और न्याय की स्थापना में मदद मिलेगी कृषि मंत्री दौरा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना से एक साथ कृषकों को सभी योजनाओं लाभ मिलेगा और कृषकों की आर्थिकी मजबूत होगी आज चमोली जिले के संस्कृत ग्राम रतूडा पहुंचे श्री उनियाल ने कृषकों समूहों और क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने संस्कृत ग्राम रतूडा में अगले वर्ष से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू करने की बात भी कही क्म्भ मेला हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ और प्रमुख स्नानों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार के लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने का फैसला किया है

महाकुंभ के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ व्यापारी भी तैयार है व्यापारी नेता कैलाश केशवानी का कहना है कि प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा

महाकुंभ में देश भर से श्रद्वालु हरिद्वार पहुंचते हैं

मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के चलते प्रदेश में कई जगह यातायात अवरुद्ध हो सकता है और तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है मौसम विभाग ने आमजन को ठंड से बचने की सलाह दी है कोरोना वैक्सीन सुगमता बागेश्वर जिले में कोरोना वैक्सीन लोगों को आसानी से दी जा सके इसको लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज स्वास्थ विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देषों के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले वैक्सीन कन्टेनर उपकरण और चिन्हित वैक्सीनेशन केन्द्रों आदि की जानकारी प्राप्त की

युवा महोत्सव टिहरी जिले में आज युवा कल्याण विभाग द्वाराएक दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया महोत्सव का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था ताकि वे अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर सकें जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉ मुकेश डिमरी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका दिया जायेगा